भारतीय वैज्ञानिकों और तकनिकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किये गये दो कोरोना टीकों का उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जायेगा नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोप्रेम भी शुरू होने जा रहा है इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप देश में कई विश्वस्तरीय अनुसंबान केन्द्रों की स्थापना हुई है उन्हॉने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले पचास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुरूप संचालित किया जाएगा और कल से पूरे प्रदेश में वैक्सीन के ड्राई रन की कार्यवाही की जाएगी मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने केन्द्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में प्रथम चरण सहित आगामी चरणों में कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही सम्पन्न किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि कल पांच जनवरी को पूरे प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के सम्बन्ध में डाई रन की कार्यवाही की जाएगी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विमिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक श्रंखला जारी की है मंत्रालय ने कहा कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में इसके परीक्षण किये गए

उन्हॉने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्टो की व्यवस्था करते हुए अधिक से अधिक धान की खरीद की जाए मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा है कि कृषि उत्पादन आयक्त द्वारा प्रतिदिन धान खरीद की समीक्षा की जाए सेना में मध्य कमान के लखनऊ स्थित मुख्यालय में अट्ठारह से तीस जनवरी के बीच महिला सैन्य पुलिस सैनिक सामान्य ड्यूटी के लिए खुली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों के अम्यर्थियों के लिए सेना में महिला सैन्य पुलिस सैनिक जनरल ड्यूटी के नामांकन के लिए एएमसी सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ के स्टेडियम में अट्ठारह से तीस जनवरी तक मुख्यालय भर्ती कार्यालय भर्ती रैली का आयोजन करेगा गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में छत गिरने की दुर्घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें नगरपालिका परिषद की कार्यकारी अधिकारी नीहारिका सिंह अवर अभियता चन्द्रपाल और निरीक्षक आशीष शामिल हैं कल इस दर्घटना के संबंध में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी इस बीच इस दर्घटना में घायल दो और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढकर पच्चीस हो गई है तेरह अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में अभी भी इलाज चल रहा है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने वाले बलिया जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेन्द्र पाल का कल कोरोना संक्रमण से निधन हो गया बलिया के जिला अधिकारी एस पी शाही ने बताया कि डॉक्टर पाल पिछले छह महीने से जिले में कोरोना योद्वा के रूप में काम कर रहे थे उन्हॉने अपना जीवन बलिया जिले के लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया

अमरोहा जिले के गजरौला क्षेत्र में हुयी एक सड़क दुर्घटना में मवेशियों से भरे एक कंटेनर का टायर फट जाने के कारण खाई में गिर जाने से छः लोगों की मौत हो गयी जबकि कई मवेशी भी मारे गये पुलिस सुत्रों ने बताया कि कंटनेर जयपुर से सम्मल जा रहा था कृशीनगर जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पटलने से उसके नीचे दब जाने से दो लोगों की मृत्यु हो गयी